और पटना में आज से राष्ट्रीय सब जूनियर कृश्ती प्रतियोगिता हो रहा है शुरू

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान आज सुबह नौ बजे झण्डोत्तोलन करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये गये हैं गांधी मैदान में तैनात दंडाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं वहीं पड़ोसी देश नेपाल से लगने वाली सीमा पर भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है इधर सभी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किये गये हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के विकास और जनता का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि इस प्रयास में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श राष्ट्र निर्माण के प्रयास में आज भी प्रासंगिक हैं सच्चाई तथा अहिंसा के महात्मा गांधी के आदर्श आत्मविश्लेषण का हिस्सा होना चाहिए महात्मा गांधी के अहिंसा के संदेश को याद करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि लोगों खासतौर से युवाओं को मानवता के लिए अहिंसा का संदेश नहीं भूलना चाहिए

कोई भी कार्य उचित है या अनुचित यह तक करने के लिए गांधी जी की मानव कल्याण की कसौटी हमारे लोकतंत्र पर भी लागु होती है श्री कोविंद ने कहा कि भारत सम्पूर्ण मानवता के लिए सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के निर्माण में वैश्विक समूदाय के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विकास के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है और सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं राष्ट्रपति ने कहा कि देश भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है

देश की एकता अखण्डता और सुरक्षा को बनाए रखने में उनका बलिदान अद्वीतीय साहस और अुनशासन की अमरगाथाएं प्रस्तुत करता है श्री कोविंद ने कहा कि भारत ने खेल के क्षेत्र में बहत अच्छा काम किया है नए खिलाडियों और एथलिटों ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में प्रे देश की श्भकामनाएं भारतीय दस्ते के साथ हैं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच सुशासन की बुनियाद है और हम लोगों ने पिछले सात दशकों के दौरान इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान केनद्रित किया है

जैसा की हम सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना दूनिया की सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य योजना बन गई है शिक्षा पर राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बच्चा और युवा शिक्षित हो उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लगातार सुधार के जरिए हमें विश्व स्तर की शिक्षा प्रणाली हासिल करनी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इसका प्रसारण आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर होगा यह आकाशवाणी समाचार वेबसाइट पर न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा विशेष प्रसारण के कारण शाम छह बजकर पंद्रह मिनट पर प्रसाारित होने वाला मैथिली बुलेटिन का प्रसारण सात बजकर पंद्रह मिनट पर किया जायेगा केंद्र सरकार ने इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सौ इकतालीस पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है इनमें सात पद्म विभूषण सोलह पद्म भूषण और एक सौ अठारह पद्मश्री सम्मान हैं इनमें बिहार के आठ विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नान्डीस को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान मिला है वहीं अन्य सात को पद्मश्री के लिये चुना गया है महान गणितज्ञ वशिष्ट नारायण सिंह को भी मरणोपरांत पदमश्री मिला है पद्मश्री सम्मान पाने वाली अन्य हस्तियों में चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर शांति राय विज्ञान के क्षेत्र में सुजय कुमार गुहा कला के क्षेत्र में शांति जैन और श्यामसुंदर शर्मा जबकि विमल कुमार जैन और रामजी सिंह को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिये पद्मश्री से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी है श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रस्कार पाने वालों में वैसे असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने समाज देश और मानवता के लिए विशिष्ट योगदान दिया है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पद्म पुरस्कार पाने वाले विभूतियों को शुभकामनाएं दी हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के बीस पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा विशिष्ट सेवा के लिए निगरानी जांच ब्यूरो के अपर महानिदेशक सुनील कुमार झा पुलिस मुख्यालय विधि व्यवस्था के एडीजी अमित कुमार और बिहार सैन्य पुलिस पटना के हवलदार उदय राम को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया जायेगा एसआई बैजनाथ कुमार संतोष कुमार सिंह और एएसआई विवेक कुमार को राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया जायेगा वहीं दस प्रलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किया जायेगा पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से राष्ट्रीय सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होगी इस प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाईल शैली में भागल लेने के लिये देश भर के एक हजार दो सौ नब्बे पहलवान शामिल होंगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पंद्रह से सत्रह वर्ष आयु के अठाईस राज्यों के और छह केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा रेलवे और सर्विसेज के पहलवान हिस्सा लेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने गणतंत्र दिवस की खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है दैनिक जागरण की सुर्खी है इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के युवाओं को दी नसीहत हिंसा से नहीं मिलता कोई लक्ष्य हिन्दुस्तान ने लिखा है केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्कारों की घोषणा की जार्ज वशिष्ठ समेत बिहार के आठ हस्तियों को पद्म सम्मान प्रभात खबर का शीर्षक है अब सराज्य सरकार बनायेगी मुजफ्फरपुर बाईपास पटना से यूपी सीतामढ़ी नेपाल जाना होगा आसान दैनिक भास्कर ने कोरोना वायरस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है कोरोना वायरस नेपाल तक पहुंचा बिहार ने भी जारी की एडवाइजरी दैनिक आज की सुर्खी है गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के सात पुलिस पदाधिकारी को गैलेंट्री अवार्ड राष्ट्रीय सहारा सहित अन्य सभी समाचार पत्रों ने गणतंत्र दिवस की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्र आज इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है

और पटना में आज से राष्ट्रीय सब जूनियर कृश्ती प्रतियोगिता हो रहा है शुरू